हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने भू जल के संरक्षण के लिए बागवानी अपनाने पर जोर दिया है कल सावन के महा शिवरात्रि पर्व पर मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के कोरोना वायरस संकमण से बचाव के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं

नये फार्म में करदाताओं के वित्तीय लेन देन के बारे में अतिरिक्त विवरण शामिल होंगे जिसमें वे वित्तीय लेन देन के बारे में विभिन्न श्रेणियों में विवरा दे सकते हैं केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि अतिरिक्त विवरण भरने से करदाता को स्वेच्छा से अपने वित्तीय लेन देन के बारे में बताने की सुविधा होगी और ई रिटर्न भरने में आसानी होगी इस बयान में यह भी कहा गया है कि विवरण के आधार पर बकाया कर की सही गिनती करने में भी मदद मिलेगी इससे कर व्यवस्था में पारदर्शिता आयेगी हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि भू जल को बचाने के लिए बागवानी को अपनाना समय की जरूरत है आज कुरूक्षेत्र हिले के लाडवा में उप उष्ण क्षेत्रों के फलों संबंधी प्रदर्शनी ट्रोपीकल फूट एक्सपो का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा भू जल के संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य कम पानी की जरूरत वाली फसलों के साथ साथ बागवानी को प्रोत्साहित करना है

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि पंचकूला फरीदाबाद गुरूग्राम और रोहतक में प्लाजमा बैंक बनाये जा रहे हैं श्री विज आज अंबाला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि रोहतक में प्लाजमा थैरेपी से कुछ मरीज स्वस्थ भी हुए हैं

हरियाणा में कल सावन की महा शिवरात्रि का पर्व मनाया जायेगा कोरोना वायरस के मद्देनजर मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं

इसके अलावा श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क पहनने के निर्देश दिये गए हैं मंदिर परिसर में लंकर प्रसाद पुष्ट चढाने व पवित्र जल का छिड़काव करने पर भी पाबंदी लगाई गई है उधर अंबाला और यमुनानगर में भी महाशिवरात्रि पर सामूहिक प्रार्थना सामूहिक सभा का आयोजन करने पर भी पाबंदी रहेगी

पुलिस कर्मचारी अपना पहचान पत्र दिखाकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं

इस लक्ष्य को जिले के सभी खण्डों में पौधा रोपण कर पूरा किया जायेगा उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि अब पौधा रोपण के लिए अनुकूल समय है और जिले को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से पौधा रोपण किया जायेगा

ये पौधे निःशुल्क मुहैया करवाये जायेंगे

इसलिए विषम परिस्थितियों में शुष्क क्षेत्रों के लिए खरीफ फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए सामयिक प्रबंधन अति आवश्यक है इसे अपनाकर किसान निश्चित रूप से अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं